कल शुरू होने वाली इस शिखर बैठक में कृषि के क्षेत्र में उचित और टिकाऊ विकास पर सहमति बनाने पर ध्यान कन्द्रित किया जायेगा मेजबान देश अर्जेन्टीना ने इस मुद्दे को उठाया है

शिखर बैठक से अलग प्रधानमंत्री आज शाम एक बड़े योग कार्यक्रम को देखगे चीन के राष्ट्रपति षी जिनफिंग जर्मनी की चांसलर एंजला मार्केल संयुक्त राष्ट्र महासविच एन्टोनियो गुत्रेस तथा अन्य नेताओं के साथ श्री मोदी की मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाज की तरक्की के लिये शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि मात्र विद्यालयों का निर्माण करने से शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं आयेगा विकास के लिये विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने की आवश्यकता है श्री योगी आज बहराइच जनपद में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा ले रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना सहित अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनायें है लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिये मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के बकाया मुल्य का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर गन्ना किसानों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि धान और मक्का की उपज बेचने में आने वाली समस्याओं का जिलाधिकारी अपने स्तर से समाधान कराये

साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निभर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा कल यानी शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है भारत के रॉकेट पीएसएलवी ने आज सवेरे आध्रनिक भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाईसिस को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है

हाईसिस अनेक फ्रिक्वेंसियों से समूची पृथ्वी की तस्वींरें भेजेगा

उन्होंने एक टवीट में कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की यह बहत बड़ी उपलब्धि है

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दो हजार चौदह में हुए लोकसभा चुनाव तथा दो हजार सत्रह में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर चुनाव लड़कर भारी बहुमत से जीत हासिल की थी

आकाशवाणी को दिये विशेष साक्षात्कार में श्री मौर्य ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिये एक बेहतर स्थान बना है तथा प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आ रहे हैं जिससे प्रदेश म आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार का भी सूजन हो रहा है

उप मुख्यमंत्री का आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ पूरा साक्षात्कार कल प्रातः नौ बजकर पांच मिनट पर विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जायेगा उधर आज बरेली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा है कि राज्य में सड़कों का तेजी से विस्तार किया गया है उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद एक हजार तीन सौ गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया गया है इससे पहले इन गांवों का सड़क से कोई लिंक नहीं था

श्री मौर्य ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों मजदूर और महिलाओं के लिये काम कर रही है उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे किसी भी कीमत पर कार्य की गुणवत्ता से समझौता न करे

राज्यपाल राम नाईक ने विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के तृतीय सत्र की बैठक उस दिन ग्यारह बजे बुलाने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी है

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ताजमहल पर तैयार किये जा रहे द्रष्टि पत्र को सार्वजनिक किया जाना चाहिए न्यायमूर्ति बीलोकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली के योजना और वास्तुकला विद्यालय द्वारा तैयार किये जा रहे दृष्टि पत्र को सार्वजनिक करने की बात कही और कहा कि इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है विद्यालय की ओर से न्यायालय को बताया कि आगरा शहर में ताजमहल सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक दृष्टि पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में हैं यह दस्तावेज राज्य सरकार को सौंपा जायेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले दिनों सहारनपुर में एक निर्माणाधीन पुल के लोहे का जाल गिरने से दो मजदूरों की हुई मौत की मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है आयोग ने कहा है कि यदि खबरें सत्य है तो यह मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर पूछा गया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं

वाराणसी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पर्यावरण कुशल गंगा मित्रों के प्रशिक्षण के लिये देश का पहला प्रशिक्षण केन्द्र कल शुरू हो गया